वे आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने जनमंच हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना हिम केयर सहारा और नई राहें नई मंजिलें जैसी योजनाओं सहित विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख भी किया

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा

कल्ल में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के दौरान भी सरकार नें प्रदेश के विकास कार्य सुचारू रखने के लिए अनेक प्रयास किए हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में एलईडी स्कीन और लाईव स्ट्रीमिंग के जरिए लोग इस कार्यकम को देख सकेंगे भाजपा आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं इसी कड़ी में आज सोलन में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए पूरी तन्मयता से जुटने का आहवान किया इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी उपस्थित रहे श्याम सरन नेगी देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने लोगों से स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधियों को चुनने की अपील की है श्याम सरन नेगी ने बताया कि अब तक उन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक सभी में मतदान किया है उल्लेखनीय है कि किन्नौर जिले से संबंध रखने वाले श्याम सरन नेगी एक सौ तीन वर्ष की उम्र में भी आगामी पंचायती चुनावों में वोट देने के लिए उत्साहित हैं